उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्म सम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि इस योजना को पांच साल पहले शुरू किया गया था और इस छोटी सी अवधि में इस योजना ने देश के गरीब लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि उनका भी अपना घर हो सकता है श्री मोदी ने कहा कि देश के गरीबों के लिए इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं

प्रथम चरण में हेल्थवर्करो का सफलतापूर्वक वैक्सीनैशन किया जा रहा है

वैक्सीन की नई खेप प्राप्त होने के बाद पहले चरण के निर्धारित लक्ष्य फ्रंटलाइन वर्कस का टीकाकरण पूरा हो जायेगा वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन का आभार जताया है

आने वाले दिनों में इन टीकों की लाखों खुराकों की आपूर्ति करने की भारत की योजना है एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पडोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं इनके जवाब में भूटान मालदीव बंगलादेश नेपाल म्यामा और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति आज से शुरू की जाएगी मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले समय में कोविड टीकों को अपने सहयोगी देशों को चरणबद्व तरीके से उपलब्ध कराएगा विदेशों में टीकों की आपूर्ति करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू टीका निर्माताओं के पास देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त टीकें उपलब्ध रहें मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस के अंतर्गत सकल राज्य घरेलु उत्पाद की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने इन सुधारों को इस वित्तीय वर्ष से पूर्व पूर्ण करने को भी कहा है उन्होंने कई विभागों को तेजी से ईज ऑफ डुईग बिजनेस में किये जाने वाले अपेक्षित सुधारों को पूरा करने पर जोर दिया

इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के स्तर पर जो सुधार किये जाने हैं उन्हें अविलम्ब पूरा करें उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड में फेयर प्राईस शॉप के डिजिटाईजेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

राज्यपाल दौरा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज अल्मोड़ा जिले के रानीखेत पहुँची और वहां केआरसी स्थित शॉल और ऊलन फैक्ट्री में बने उत्पाद देखे इस दौरान उन्होंने वहाँ कार्यरत महिलाओं से मुलाकात कर उनके कार्यो की सराहना की श्रीमती मौर्य ने आजीविका प्रबन्ध परियोजना द्वारा निर्मित उत्पादों का भी निरीक्षण भी किया उन्होंने कहा कि आज यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं चाहे बात कृषि क्षेत्र की हो या किसी अन्य क्षेत्र की उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है

उन्होंने कहा कि किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भी सरकार गंभीर है तथा शीघ्र ही यह भुगतान भी किया जाएगा सडक सुरक्षा समिति बैठक हरिद्वार जिले में यातायात और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों के मामले जल्द सुलझाने के लिए अलग से थाना बनाया जाएगा यह बात आज हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कही सड़क सुरक्षा सप्ताह पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा यहां से प्राप्त प्रशिक्षण के बाद लोग अपना ड्राइविंग लाइसेन्स भी बनवा सकेगें उन्होंने कहा कि देशभर के साथ प्रदेश में भी सड़क सुरक्षा यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है इस बीच हरिद्वार जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला कर लोगों को सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है वहीं बागेश्वर जिलें में भी आज जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी बैठक में लोगों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने और अधिकारी कर्मचारियों को और अधिक गंभीरता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया एनआईटी प्रदेश के एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर के निर्माण का अब रास्ता साफ हो गया है केंद्र सरकार ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है और अब स्थानीय स्तर पर निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं एनआईटी के कुलसचिव डा पीएम काला ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय कमेटी ने सुमाड़ी में स्थायी परिसर निर्माण पर सहमति जताई है कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार ने परिसर निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है सुमाड़ी में लगभग पौने सात सौ करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करवाया जाएगा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद एनआईटी स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी मेलाधिकारी निरीक्षण साध् संतो की मांग पर हरिद्वार के पांडे वाला स्थित श्री पंचायती धड़ा फिर हेडियान से कुंभ मेले की पेशवाई निकलने का रास्ता साफ हो गया है कृंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने जूना अखाड़े के साध्व संतों के साथ बातचीत की और मौके पर स्थलीय निरीक्षण भी किया निरीक्षण के दौरान साधु संतों ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान इसी स्थान से जूना अग्नि और आह्वान तीनों अखाड़ों की पेशवाई निकलती रही है जिस पर मेलाधिकारी ने सबंधित विभागों के अधिकारियों को पेशवाई स्थल पर बिजली पानी सड़क और शौचालय आदि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा उन्होंने साधु संतो को आश्वास्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नही होगी मेला प्रशासन साधु संतों के लिए विशेष व्यवस्था कर रही है वहीं जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत प्रेमगिरि महाराज ने सरकार और कुम्म मेला प्रशासन का आभार जताया